बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को औपचारिक रूप से पार्टी का नेता चुना जाएगा बैठक के बाद नरेन्द्र मोदी आज ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे

ये पहली बार है कि लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी पार्टी केन्द्र में सत्ता संभाल रही है

मंत्रिमंडल की बैठक क बाद राष्ट्रपति से तुरंत प्रभाव से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई राष्ट्रपति भवन से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश स्वीकार कर ली इस दौरान प्रदेश के चारों नवनिर्वाचित सांसदों अनुराग ठाकुर राम स्वरूप शर्मा किशन कपूर और सुरेश कश्यप ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की मुख्यमंत्री ने भारी मतों से जीत हासिल करने पर सभी सांसदों को बधाई दी कांग्रेस कार्यसमिति लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की आज नई दिल्ली में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने की बैठक में यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रियंका गांधी गुलाम नबी आज़ाद और अंबिका सोनी सहित कई बड़े नेताओं ने भाग लिया राहुल गांधी ने बैठक में अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की जिसे कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से ठुकरा दिया

उन्होंने बताया कि इस प्रतिकूल समय में कांग्रेस को राहुल गांधी की ज़रूरत है और उनके इस्तीफे की पेशकश को कार्यसमिति के सदस्यों ने एक स्वर से नामंजूर कर दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर हार के कारणों का मंथन करेगी और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी पोषण अभियान पोषण अभियान के तहत चंबा ज़िले में इन दिनों बच्चों गर्भवती महिलाओं और धात माताओं को पोषण क बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है जनसाली आंगनबाड़ी केन्द्र में आज एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया चंबा मैडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इस दौरान उन्हें बच्चों की सही ढंग से देखभाल के बारे में जानकारी दी नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैय्यर ने हर आंगनबाड़ी केन्द्र में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया

उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने आज इस संबंध में आयोजित एक बैठक में बताया कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस बार ग्रीष्मोत्सव कार्निवाल के रूप में आयोजित होगा उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संध्याओं के साथ साथ ग्रीष्मोत्सव में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान रिट्ज़ व गेयटी थियेटर में हिमाचली फिल्में भी दिखाई जाएंगी एकल संगीत प्रस्तुतियों में शहनाई बांसुरी वादक व टमक दल अपनी कला का जादू बिखेरेंगे शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टीजीटी भाषा अध्यापक शास्त्री पंजाबी व उर्दू की टैट परीक्षाएं अगले महीने ली जाएंगी

इस बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रधान विपिन मेहरा व अन्य पदाधिकारियों ने नव निर्वाचित सांसदों किशन कपूर अनुराग ठाकुर राम स्वरूप शर्मा और सुरेश कश्यप को शुभकामनाएं दी हैं कर्मचारी श्रमिक व पेंशनर संघ के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बेहतर कार्यो को दिया है दुर्घटना चंबा ज़िले में चुराह क्षेत्र के नकरोड़ चांजू सड़क पर एक गाड़ी के चुरसेऊ मोड़ के पास कल शाम खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई ये सभी मृतक चुराह क्षेत्र के विभिन्न गांवों के रहने वाले थे इस बीच शिमला ज़िले की चाशंल घाटी से किन्नौर ज़िले के ब्रुआ की तरफ ट्रैकिंग पर निकले कोलकाता के एक ट्रैकर की ब्रुआ में भारी ठंड से मौत हो गई

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार आईटीबीपी व स्थानीय पुलिस की मदद से ट्रैकरों की तलाश की गई